रेपो दर ब्या ज की वह दर है जिसपर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी जरूरतों को पूरा करने लिए पैसा उधार देता है इस बढ़ोतरी के बाद नयी रेपो दर साढ़े छह प्रतिशत हो गयी है

राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज भोपाल में विश्वविद्यालय प्रशासन को नसीहत देते हुए कहा कि वे नियमों के अनुरूप कार्य करें और किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएं राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रीमती पटेल ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के अनेक अधिकारी भी मौजूद थे श्रीमती पटेल ने कहा कि यदि राज्यपाल या सरकार का कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए कहे जो नियमों के अनुकूल नहीं हो तो उसे मना करने का साहस अधिकारियों को दिखाना चाहिए

जिले में आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार हो यह महिला सशक्तिकरण और लिंगानुपात को बढ़ाने के लिये शुरु किया गया बेहतर प्रयास है इसकी सफलता के लिये यह आवश्यक है कि निचले स्तर तक लोगों को जागरूक किया जाए नवोदय विद्यालय प्रधानमंत्री नरेन्द्रे मोदी की अध्ययक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में एक और जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति भी दे दी है रतलाम जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत अधिक है

श्री कमलनाथ ने मां शारदा के दर्शन के बाद आज से अपने चुनावी दौरे की शुरूआत की उन्होंने भाजपा की जनआशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने खजाने से इस यात्रा पर पैसे खर्च कर रही है वहीं पटवारी से लेकर कलेक्टर तक की ड्यूटी भीड़ इकट्ठा करने के लिये लगाई जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान परेशान हैं युवा बेराजगार हैं अपराध बढ़ता जा रहा है भाजपा सरकार इन सब के बावजूद अपनी झूठी वाहवाही कर रही है कार्यक्रम में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह भी मौजूद थे

सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रि परिषद के सदस्य होंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरण शर्मा होशंगाबाद में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे राज्य शासन द्वारा सम्मेलन के लिए मंत्री जयंत मलैया दमोह गोपाल भार्गव सागर गोरीशंकर शेजवार रायसेन डॉ नरोत्तम मिश्र दतिया उमाशंकर गुप्ता भोपाल अर्चना चिटनिस बुरहानपुर यशोधराराजे सिंधिया शिवपुरी और जयभान सिंह पवैया को ग्वालियर जिला आवंटित किया गया है निलंबन नगरीय प्रशासन आयुक्त गुलशन बामरा ने अमृत योजना कार्य में लापरवाही बरतने पर सीहोर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुधीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है श्री सिंह के स्थान पर होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के नीरज श्रीवास्तव को सीएमओ पदस्थ किया गया है स्तनपान प्रदेश में आज से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है इस अवसर पर कई जिलों में भी जागरूकता लाने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है खण्डवा में जागरूकता कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि जन्म के बाद बच्चे का पहला अधिकार स्तनपान करना है वहीं झाबुआ में एएनएम और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर परिवार को जागरूक कर रही हैं कटनी में शिशुओं में कुपोषण को मिटाने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पांडे ने बताया कि स्तनपान के महत्व के बारे में महिलाओं को जानकारी दी जा रही है आगरमालवा जबलपुर सतना अनुपपुर मुरैना जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

जिसमें किसानों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी जायेगी

अब यह ट्रेन गुना से तेईस अगस्त को जायेगी